इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों की चिकित्सीय देखरेख के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोलने के लिए सरकार को पक्ष रखने के आदेश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चित्कारा की खंडपीठ के समक्ष जनहित से जुड़े मामले के पक्षकारों ने बताया कि कोरोना को मात देकर ठीक हुए मरीज अपनी देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर पाते उन्हें नेगेटिव आने के बावजूद भी जांच की जरूरत रहती है इसलिए ऐसे मरीजों के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोले जाएं न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह ऐसे मरीजों को विशेष डाइट उपलब्ध करवाए या उन्हें घर का खाना खाने की स्वीकृति प्रदान करें प्रसारण मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नये विचारों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रीय विद्यार्थी र्स्टाटअप सम्मेलन को वर्च्यअल माध्यम से संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है उन्होंने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया निरोग क्लीनिक कोरोना महामारी के इस दौर में गैर संकमक रोगों की रोकथाम और बचाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एनसीडी जोखिम कम करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए एनपीसीडीएससी कार्यक्रम और हैत्थ एंड वैलनैस सैंटर शुरू किए हैं

उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों में फिक्स डे ओपी डी शैडयूल के अनुसार विभिन्न सेवांए प्रदान की जाएगी

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक ने लिखा है शहरों में बजा चुनाव का बिगुल

हिमाचल दस्तक ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए बनाओ स्पेशल ओपीडी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना से जीत चुके मरीजों के लिए बनें विशेष ओपीडी केंद्र